पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले में नव निर्मित मुंडेरवा चीनी मिल का किया शुभारम्म

सरकार अगले वर्ष मार्च तक देश भर की दो लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और ब्रॉडबैण्ड से जोड़ेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सी ए जी को सरकारी विमागों में घोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकी तंत्र विकसित करने को कहा है कल नई दिल्ली में महालेखाकारों और उप महालेखाकारों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सी ए जी को देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका नियाने को कहा उन्होंने कहा कि सी ए जी को शासन और कूशलता में सुधार के लिए पेशेवर धोखाबड़ी से निपटने के नये तरीके खोजने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सी ए जी को सुशासन के लिए प्रेरक बनना चाहिए और उसे अपनी गतिविधियों को मात्र आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए सीएजी को टुकड़ों में सोवने की बजाए संप्रर्णता में काम करने की जरूरत है सिर्फ आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही यह संगठन सीमित नहीं रह सकता है बल्कि वाकई में गुड गवनैस के एक केटेलिस्ट के रूप में आगे आना है सीएजी को सीएजी एलस बनाने के सुझाव पर आप गंभीरता से अमल कर रहे हैं यह मेरे लिए खुशी की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक प्रमाण समर्थित नीति निर्धारण तैयार करना चाहती है तथा सी ए जी थिंक टैक बनकर और डेटा विश्लेषण पर विशेष ध्यान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निमा सकता है उन्होंने कहा कि भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था है और सरकार तेजी से डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है टेक्नोतॉजी को आयार बनाकर ट्रांसप्रैसी लाने के प्रयास अब से भी बीते पांच वर्षों से निरंतर देख रहे हैं जैम यानी जन धन आधार मोबाइल इससे सामान्य मानवी तक सरकारी योजनाओं का लाम डायरेक्ट पहुंच रहा है और जैम यानी गवर्नमेंट इ मार्केट प्लेस इससे सरकार अपनी प्रोक्योर्येट डायरेक्ट करती है आज सरकार के सवा चार सौ से ज्यादा स्क्रीन का लाम डायरेक्ट लामार्थियों तक पहुंच रहा है जिसके कारण करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी वानिकी स्कूल नर्सरी और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है दिल्ली और देश के अन्य भागों में वायु प्रद्षण के खतरनाक स्तर से उत्पन्न स्थिति पर कल राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बयान देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कई शहरों में वायु प्रदूषण के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं हमें ये भी समझना चाहिए कि जैसे उद्योगों के कारण होता है वाहनों के कारण होता है ये ह्यमन एक्सन्स है हमारे कंस्ट्रक्शन् डिमोतेशन वेस्ट मैनेजमेंट इन सब से होता है वैसे ही वियोफिविकल रीजन्स भी हमें हर शहर का अलग अलग कारण होता है ये हमें एक साइंटिफिक वास्तविकता को समझना चाहिए श्री जावडेकर ने वायु प्रदृषण से निपटने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार आने वाले वर्षो में इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि दिल्ली में दो हजार सोलह के बाद से अब तक लगातार वायु गुणक्ता में काफी सुघार हुआ है उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली जलाने की कुल घटनाओं में पिछले साल की तुलना में उन्नीस प्रतिशत की कमी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रविवार को सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क के अलावा द्रदर्शन पर भी सुना जा सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बस्ती जनपद के मुंडेरवा में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की नई चीनी मिले का उद्घाटन कर पेराई सत्र का शुमारंभ किया चार सौ करोड़ रूपये की लागत से तैयार इस चीनी मिल की पेराई क्षमता पचास हजार कृंतल प्रतिदिन है मुख्यमंत्री ने मिल में सत्ताईस मेगावाट के विद्युत उत्पादन संयंत्र का भी उदघाटन किया साथ ही उन्होंने एक सी सोलह करोड़ रूपये की उन्वास परियोजनायों का शिलान्यास भी किया चीनी मिल के उद्घाटन से पूर्व श्री योगी ने मुंडेरवा में शहीद चौक पर लगी तीन किसानों की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें श्रद्वांजलि दी इन किसानों की वर्ष दो हजार दो में आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से मौत हो गई थी चीनी मिल के उदघाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश की उन्तीस चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया लेकिन उनकी सरकार बंद पढ़ी चीनी मिलों को चलाकर किसानों और युवाओं के लिए रोजगार का सूजन कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में चीनी मिलों के बन्द होने से प्रदेश में करीब तीन लाख लोग बेरोजगार हुए

उन्हॉने कहा कि मिल में लगे विद्युत उत्पादन सेयंत्र से मिल को वार्षिक तीस करोड़ रुपये का लाम होगा प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीस माह में गन्ना किसानों को साढ़े पैंतीस करोड़ रूपये का बकाया भुगतान किया है

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और क्राप्री सरकार को इसके लिये ब्याई देता हूं आमार व्यक्त करता हूं

इस अवसर पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विमाग राज्य मंत्री सुरेश पासी उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम चौहान भी उपस्थित रहे सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक देश भर की दो लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस महीने की सात तारीख तक कुल एक लाख अट्ठाईस हजार से अविक ग्राम पंचायतों को यह सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है उन्होंने कहा कि अब तक लगभग पैंतालिस हजार ग्राम पंचायतों में वाई फाई हॉटसॉट स्थापित कर दिये गए हैं और सोलह इजार से अधिक ग्राम पंचायतों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कल पणजी में कला अकादमी में इंटरएक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी इफ्फी एट फिफ्टी का उदघाटन किया यह अत्यन्त हाईटेक और इंटरएक्टिव मल्टी मीडिया प्रदर्शनी है श्री खरे ने कहा कि फिल्म प्रेमी प्रदर्शनी का आनंद ले सकेंगे और उन्हें फिल्म निर्माण के विमिन्न पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा इस बीच भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दूसरे दिन कल भारतीय पैनोरमा खंड और इस वर्ष के फोकस देश रूस के लिये समर्पित एक विशेष खंड का उद्घाटन किया गया रूस की आठ फिल्मों में से एक अबीगेल का प्रदर्शन हुआ भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदारोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मिलकर काम करने का यह सही समय है

पीलीमीत जनपद में पिछले दो दिनों में पराली जलाने के आरोप में अट्ठारह किसानों को गिरफ्तार किया गया है जिले में अब तक तीन सौ से अधिक किसानों पर एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है जिलाबिकारी वैमव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक अमिरेक दीक्षित लगातार गांवों में किसानों के साथ बैठक करके पराती न जलाने की अपील कर रहे हैं ज्वर नोएडा में जिला प्रशासन ने थर्माकोल की भट्ठी जलाकर व्यापक स्तर पर प्रदृषण फैला रहे तीन व्यक्तियों को कल रात गिरफ्तार किया साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य चालू रखने पर कई कंपनियों पर भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है